नई दिल्ली में कल संवाददाताओं के साथ बातचीत में केंन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के गठन से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को क्शल कारगर और पारदर्शी तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी अव्वल जिला कांगड़ा जिला जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से जन शिकायतों का निपटारा करने में प्रदेशभर में अव्वल रहा है

इस दौरान जनमंच कार्यक्रम से लोगों के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई विकास समिति प्रदेश विधानसभा की मानव विकास समिति के सदस्य कल से तमिलनाडू आंध्रप्रदेश पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के अध्ययन प्रवास पर हैं समिति के सदस्य सभापति बलवीर सिंह की अध्यक्षता में आज चैन्नई के अध्ययन प्रवास पर रहेंगे

विंटर कार्निवाल कुल्लू जिले के मनाली में पांच दिवसीय राष्ट्रीय विंटर कार्निवाल के दूसरे दिन आज सामूहिक नाटी प्रतियोगिता आयोजित होगी कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि इसके अलावा मनुरंगशाला में विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा विंटर कार्निवाल का मुख्य आकर्षण विंटर क्वीन चुना जाना रहता है एम्बुलेंस सोलन जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा रोगी कल्याण समिति के माध्यम से खरीदे गए वाहन को अब एम्ब्लेंस के तौर पर उपयोग किया जाएगा जिससे मरीजों को राहत मिलेगी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक महेश गुप्ता ने बताया कि रोगियों को समय पर एम्बुलेंस न मिलने के चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था

अमर उजाला की सुर्खी है प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द की केसीसी बैंक भर्ती प्रकिया

हिमाचल दस्तक लिखता है कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक भर्ती रद्द जबकि दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार हिमाचल में सहकारी बैंक का भ्रष्टाचार जांचेगी विजिलेंस मौसम पर आपका फैसला की सुर्खी है उपरी हिमाचल में ताजा बर्फबारी हाई अलर्ट जारी रेस्क्यू टीमें तैनात दैनिक जागरण का शीर्षक है बारिश बर्फबारी से प्रदेश में कड़ाके की ठंड

अमर उजाला के शब्द हैं पहाड़ों पर बर्फबारी शीतलहर से कांपा हिमाचल

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सर्दियों की छटिटयों के शेडयूल में बदलाव पर दैनिक जागरण की सुर्खी है अगले साल से स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां नहीं दिव्य हिमाचल लिखता है सर्दियों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला तीन घंटे में पलटा हिमाचल दस्तक के मुताबिक समर स्कूलों में विंटर वोकेशन खत्म

दिव्य हिमाचल ने खबर दी है कांगड़ा में एक और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेगी सरकार आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है मनाली में जल्द खुलेगा लोक निर्माण विभाग का मंडल अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय नदियों का संरक्षण में लिखा है कि ब्यास नदी की महाआरती के लिए हज़ारों लोग जुटने से उम्मीद बंधी है कि लोग जलसंरक्षण के लिए गंभीर होंगे हिमाचल दस्तक अपने संपादकीय में लिखता है कि प्रदेश में एक सौ आठ एंबुलेंस सेवा प्रदाताओं द्वारा श्रम कानूनों की अवहेलना करना शर्मनाक है शीर्षक है एंबुलैंस सेवा में सब ठीक नहीं

नमस्कार